मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को दिए निर्देश स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ऑडियो सीडी मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभागीय सचिवों को नियमित तौर पर इन निधियों के उपयोग की सख्ती से निगरानी करने को कहा गया मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग ग्रामीण विकास आईपीएच और ऊर्जा के प्रशासनिक सचिवों को अपने अपने विभागों के पास उपलब्ध धन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आने वाले ऐसे कुशल व नौकरी की आवश्यकता वाले लोगों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की अवधारणा को भी मंजूरी दी है इसके अलावा पर्यटन विभाग के लिए ब्याज के साथ कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए ऋण योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया मंत्रिमंडल ने किसानों की सुविधा के लिए ई नाम को बढ़ावा देने और मंडियों की निरंतर निगरानी सीए भंडारण दूध खरीद प्रसंस्करण और एसएचजी की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि पर जोर दिया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को संस्थागत क्वारंटीन केन्द्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं वे आज शिमला में प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ौतरी हुई है

मुख्यमंत्री ने बाहरी राज्यों से आने वाले प्रदेश के लोगों का पूरा डाटा संकलित करने की ज़रूरत भी बताई जयराम ठाकुर ने संस्थागत क्वारंटीन में लगे कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण प्रदान करने पर भी बल दिया ताकि वे बिना किसी डर से काम कर सकें

पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को पांच सितारा पांच सितारा डीलक्स लेगेसी विंटेज होम स्टे और गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है

इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंबा ज़िले में चुराह उपमंडल के एसडीएम और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकासात्मक कार्यो की जानकारी ली हंसराज ने उपमंडल अधिकारियों को क्वारंटीन केन्द्रों की नियमित निगरानी करने और यहां रह रहे लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को भी कहा बिंदल इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा को अपना इस्तीफा मेज दिया है बिंदल ने ये इस्तीफा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ओडियो सीडी के बाद विपक्ष की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के चलते नैतिकता के आधार पर दिया है उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पार्टी का कोई लेनादेना नहीं है और भाजपा पूरी तरह से बेदाग है बिंदल ने कहा कि वायरल ओडियो सीडी मामले की विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है और जांच किसी भी तरह से प्रभावित न हो इसके लिए वे केवल उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं

कांगड़ा और बिलासपुर जिलों से आज दो दो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमित पाए गए अधिकांश व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि प्रदेश के किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है

योजना के तहत किसानों के खाते में दो दो हज़ार रूपये की राशि डाली जा रही है ये राशि किसानों को बीज व अन्य कृषि कार्यों के लिए मददगार साबित हो रही है ज़िले के किसान जरूरत के समय मिल रही इस राशि से बेहद खुश हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्वांजलि अर्पित की है इधर प्रदेश कांग्रेस ने शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को श्रद्वासुमन अर्पित करते हए देश के लिए दिए उनके योगदान को याद किया पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने देश की बुनियादी रचना पंचवर्षीय योजना और लोकतंत्र की बुनियाद निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया राठौर ने कहा कि देश के संविधान वैज्ञानिक वृति समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सहमति के वास्तुविद पंडित नेहरू को आध्रनिक भारत के निर्माता के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को राष्ट्रीय एकता व अखंडता की शपथ भी दिलाई

संस्था के अध्यक्ष वाईकेपूरी ने बताया कि आपातकाल में सांस की तकलीफ से जूझ रहे बुजुर्गो और बच्चों के लिए ये नेबुलाइज़र काफी लाभदायक साबित होंगे उन्होंने कहा कि संस्था कोरोना योद्वाओं की भूमिका निभा रहे चिकित्सकों की हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत है

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है